प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए माले में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद श्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति सालेह के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और आज देर रात ही स्वदेश लौट आएंगे मालदीव के अधिकांश निवासी यह मानते हैं कि भारत उनका सबसे नजदीकी पडोसी ही नहीं बल्कि जरूरत के समय में पहले आगे आने वाला मित्र भी है अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान उनकी नीतियों की वजह से पारस्परिक संबंधों को बल नहीं मिला था लेकिन नई सरकार के आने और प्रधानमंत्री की यात्रा से रिश्ते फिर से मजबूत होंगे दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान मूलभूत ढांचों के क्षेत्र में निवेश और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के बारे में बातचीत हो सकती है इस यात्रा से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दश को दुनिया में महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कई विकास योजनायें संचालित की गई है उससे देश में एक नई पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि संसद में उत्तर प्रदेश ने काशी के प्रतिनिधि के रूप में गौरव की अनुभूति कराई है मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र और प्रदेश में सत्ता में आने के बाद विश्वास विकास और सुशासन का वातावरण बना है श्री योगी ने आज वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से जिला मुख्यालय तक आयोजित भाजपा की कमल संदेश बाईक रैली को झंडा दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने में सक्रिय योगदान देने की अपील की लखनऊ में भी आज भाजपा कमल संदेश बाईक रैली आयोजित की गई

बाइट कमल संदेश बाईक रैली आज पूरे प्रदेश में आयोजित हुई

प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क नेतृत्व में भाजपा कमल संदेश बाईक रैली निकाली गई जो विभिन्न मार्गो से होते हुए सुभाष चौराहे सिविल लाइन पर समाप्त हुई रैली में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बस्ती जिले में आज सांसद हरीश द्विवेदी की अगुवाई में कमल संदेश बाईक रैली निकाली गई सांसद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की सिद्धार्थनगर जिले में भी भाजपा कमल संदेश बाईक रैली का आयोजन किया गया जिसका नेतृत्व सांसद जगदम्बिका पाल ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से आम जनता के जीवन स्तर में सुधार हुआ है

वह आज निश्चित तौर से प्रदेश और केन्द्र सरकार की उन योजनाओं का जिसका लाभ सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का या केन्द्र की सरकार का उसका लाभ जो मिला है वह साफ दिख रहा था

अमरोहा गोण्डा बलरामपुर कानपुर मऊ मथुरा मुजफ्फरनगर पीलीभीत कुशीनगर मेरठ सहित सभी जिलों में भाजपा कमल संदेश बाईक रैली का आयोजन किया जिसमें कैबिनेट मंत्री सांसद विधायक पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे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

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और परम्परा के माध्यम से आज भी जुड़े हुए हैं

श्री योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा की आदमकद प्रतिमा लखनऊ में स्थापित किये जाने की घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा तथा नारायण दत्त तिवारी को अपनी श्रद्वाजंलि देते हुए स्मरण किया उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग गढ़वाल व कुमाऊं रेंजीमेंट के साथ साथ भारतीय सेना पैरा मिलेट्री फोर्स तथा सिविल पुलिस में भी पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा कर रहे हैं

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा

अयोध्या में देवोत्थान एकादशी के अवसर पर होने वाली पंचकोसी परिक्रमा कल सुबह दस बजकर छब्बीस मिनट से शुरू होगी जो अगले दिन उन्नीस नवंबर को ग्यारह बजकर छत्तीस मिनट तक चलेगी राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि मुहर्त के समय की जाने वाली परिक्रमा प्ण्यदायी होती है प्रशासन ने परिक्रमा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किये हैं देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्वालु इस परिक्रमा में इस हिस्सा लेने के लिए भगवान राम की नगरी पहुंच चुके हैं बुन्देलखंड को देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य महानगरों से सड़क मार्ग के द्वारा सीधे जोड़ने के लिए प्रस्तावित बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए तैयारियां तेजी पर है

निमाण कार्य चित्रकूट से शुरू होगा बुन्देलखण्ड एक्स्प्रेसवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के सम्मान और याद में अब अटल पथ हो गया है